कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है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

सुरक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें मास्क पहनें दो गज़ दूरी है ज़रूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ रखें

राज्य के उन सात जिलों में यह अभियान चलाया जा रहा है जहां नौ हजार से अधिक संक्रमितों का उपचार चल रहा है

इस वर्ग के लोगों का मौके पर टीकाकरण नहीं होगा उन्हें पूर्व में ही रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है

राज्य कोविड रोकथाम उपायों के तहत जारी राशि का पचास प्रतिशत इस्तेमाल कर सकते हैं इनमें अस्पतालों में ऑक्सीजन उत्पादन और भंडारण संयंत्र लगाना वेंटिलेटर एम्ब्रलस सेवा मजबूत करना कोविड अस्पताल तैयार करना थर्मल स्कैनर व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण जांच प्रयोगशाला और जांच किट की खरीद शामिल है वित्त मंत्रालय ने इस कोष की पहली किस्त निर्धारित समय से पहले जारी की है सामान्य तौर पर यह राशि जून के महीने में दी जाती है लेकिन सामान्य प्रक्रिया में छूट देते हुए राज्य आपदा कार्रवाई कोष से अग्रिम राशि ही नहीं जारी की गई है बल्कि उपयोग प्रमाण पत्र की प्रतीक्षा किये बिना ही इसे जारी कर दिया गया है

लोग अब डाक कूरियर या ई कॉमर्स पोर्टल के जरिये उपहार श्रेणी के तहत ऑक्सीजन कंसेनट्रेटर का आयात कर सकेंगे

विदेश व्यापार महानिदेशालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है

यह जानकारी प्रदेश के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने दी

प्रदेश के अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने बताया है कि पहली बार डिस्चार्ज होने वालों की संख्या नये मामलों से अधिक आई है उन्होंने बताया कि प्रदेश में सर्विलांस तकनीक के चलते संक्रमण की दर घट रही है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

प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना का कार्य कल होगा इस संबंध में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है

चित्रकूट जिला निर्वाचन अधिकारी शुभ्रांत कुमार शुक्ला ने बताया कि मतगणना क द्र पर मेडिकल हेल्थ डेस्क होगी जहां आवश्यक दवाइयों के साथ चिकित्सक भी उपलब्ध रहेंगे मतगणना कक्ष व हाल में शारीरिक दूरी वेंटीलेशन खिड़कियां व एग्जास्ट पंखों की व्यवस्था होगी केंद्रों को मतगणना प्रारंभ होने से पूर्व पाली परिवर्तन के समय और मतगणना समाप्ति पर सैनिटाइज किया जाएगा बलरामपुर जनपद में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की कल होने वाली मतगणना के लिए भी पूरी तैयारी की गई है मतगणना के परिणाम आने के पश्चात सभी जगहों पर विजय जुलूस प्रतिबंधित रहेगा और किसी को भी जुलूस निकालने की कतई अनुमति नहीं होगी आज अतंराष्ट्रीय श्रमिक दिवस है श्रमिकों के योगदान के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिये यह दिवस विश्व भर में मनाया जाता है इसे मई दिवस भी कहते है यह दिन आर्थिक और सामाजिक अधिकार प्राप्त करने में श्रमिकों के बलिदान के प्रति श्रद्धाजंलि अर्पित करने के लिये मनाया जाता है इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मई दिवस पर प्रदेश के कामगारों और श्रमिकों को बधाई और शुभकामनाएं दी है मुख्यमंत्री ने जारी एक संदेश में कहा कि मई दिवस श्रमेव जयते का उद्घोष करता हुआ विकास की प्रक्रिया में श्रम के महत्व को रेखांकित करता है मई दिवस हमारे कामगारों और श्रमिक वर्ग की कड़ी मेहनत और उपलब्धियों के सम्मान का आयोजन है मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्र व प्रदेश सरकार श्रमिक हितों के लिये समर्पित भाव से कार्य करते हुए उनके श्रम को सम्मान देने के लिये कृतसंकल्पित है केन्द्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने आज रामपूर के उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल से वर्च्अल माध्यम से कोरोना महामारी के दौरान कोराना पीड़ितों की बढ़ चढ़ कर मदद करने की अपील की है श्री नकवी ने व्यापारियों द्वारा कोरोना से बचाव के प्रति जन जागरूकता लाने मास्क और सैनिटाइजर वितरित किये जाने के कार्यो की प्रशंसा भी की कल शुक्रवार रात से आगामी मंगलवार तक हुई साप्ताहिक बंदी के बीच आज से पूरे प्रदेश में युद्धस्तर पर स्वच्छता सैनिटाइजेशन और फागिंग के कार्य कराये जा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथके निर्देशानुसार इस कार्य के लिये नगर निगम के साथ साथ फायर विभाग के भी वाहनों का उपयोग किया जा रहा है मुख्यमंत्री ने कहा है कि आयुष विभाग द्वारा जागरूकता प्रसार के लिये द्रष्टिगत विशेष प्रयास किये जाने की जरूरत है उन्होंने कहा कि हर घर आयुष काढ़ा उपलब्ध कराया जाये इम्यूनिटी बढ़ाने के संबंध में आयुष विधियों के सरल उपायों से लोगों को अवगत कराया जाना चाहिये इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आयुष कवच ऐप का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाये

स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास उनासी लाख से अधिक कोविड टीके अब भी उपलब्ध हैं

रूस के इस टीके से अधिक से अधिक लोगों को कोविड से बचाव का टीका लगाने की क्षमता बढ़ाने के भारत के प्रयासों को मजबूती मिलने की उम्मीद है केन्द्र सरकार ने सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान करने वाले कलाकारों के लिए विख्यात फिल्म निर्माता और निर्देशक सत्यजीत रे के नाम पर सत्यजीत रे लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार की स्थापना की है यह पुरस्कार इसी वर्ष से भारतीय अंतराष्ट्रीय फिल्म समारोह में दिया जाएगा पुरस्कार में रजत मयूर पदक और स्क्रॉल के साथ दस लाख रुपये नकद प्रमाणपत्र और शॉल भेंट की जाएगी